दो हजार से अधिक उम्मीद्वारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हो जायेगा कैद

दल हुए अपने अपने केन्द्रों के लिए रवाना

भारत अपना पहला मैच कल दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा

सभी राजनैतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए अब घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस बहुजन समाज पार्टीसमाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी तथा सपाक्स सहित कई दलों ने प्रदेश में अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं

निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वेबकास्टिंग एवं सीसीटीवी की व्यवस्था भी की है इस बीच प्रदेश के मुख्य चुनाव पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ईवीएम से मतदान पूरी तरह सुरक्षित है और इन मशीनों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है

आज भोपाल में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी एल काताराव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि सुगम्य पोर्टल और ऐप तथा क्यूलेस मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को सुगम मतदान की सहूलियतें प्रदान की हैं यही नहीं राज्य में चार हजार दो सौ सत्ताइस मॉडल मतदान केन्दों के अलावा छह हजार एक सौ बहत्तर ऐसे मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जिनमें मतदाताओं को लंबी कतारों में नहीं लगना होगा उन्हें बैंकों के काउंटरों की तर्ज पर टोकन प्रदान किये जाएंगे और उनका नंबर आने पर बिना कतार मतदान के लिए बुलाया जाएगा तब तक वे प्रतीक्षालयों में आराम से बैठेंगे जहां पेयजल एवं अन्य सुविधाएं रहेंगी

क्यूलेस यानी कतार रहित मतदान केन्द्रों में भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दो मतदान केन्द्र ऐसे बनाये गये हैं जहां मतदान के लिए मतदाता क्यूलेस ऐप के माध्यम से ऑनलाइन मतदान का टोकन ले सकेंगे

सबसे कम चार उम्मीदवार पन्ना जिले की गुन्नौर सीट पर हैं

उन्होंने बताया कि राज्य में मतदान की अद्यतन सटीक जानकारी के लिए एक ऐप मत प्रतिशत पीठासीन अधिकारी के लिए बनाया गया है जो हर घंटे होने वाले मतदान की जानकारी अद्यतन करेगा

इसके लिए आयोग द्वारा फेसबुक वाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म की सतत निगरानी की जा रही है आयोग ने लोगों से कहा है कि ये कल मतदान समाप्त होने तक किसी भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी के समर्थन या विरोध वाली पोस्ट न भेजें इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा

ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन करें इसके अलावा प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं

राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरित की गई जबलपुर जिले के आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल एक सौ चौदह उम्मीद्वार चुनाव लड़ रहे हैं इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव कराने के लिए तैनात मतदान दलों को सुबह मतदान सामग्री वितरित की गई यहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर ईवीएम की दो बैलेट युनिट का इस्तेमाल किया जायेगा इंदौर जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों के लिए इंदौर के नेहरू स्टेडियम से मतदान दलों को सामग्री के साथ रवाना किया गया उज्जैन में मतदान दलों को शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से ईवीएम प्रदान की गई ग्वालियर जिले के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई कला वाणिज्य महाविद्यालय से मतदान दलों को रवाना किया गया

श्रम आयुक्त राजेश बहगुणा द्वारा जारी आदेश में सभी कारोबार व्यवसाय औद्योगिक इकाइयों और उपक्रमों के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी श्रेणी के कामगारों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करें यदि किसी नियोजक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायेगी

शिवपूरी जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को पारदर्शी एवं निष्पक्ष कराए जाने के लिए कम्युनिकेशन प्लान के तहत नजर रखी जाएगी

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर लॉग इन कर इन समाचारों को पढ़ भी सकते हैं

इस अवसर पर आयोजित समारोह में लगभग एक हजार एक सौ कलाकारों के साथ शाहरुख खान और माध्री दीक्षित और संगीतकार ए आर रहमान ने अपनी प्रस्तुतियां दीं विश्वकप हॉकी के मैच कल से शुरू होगें भारत अपना शुरुआती मैच कल सुबह सात बर्जे दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगा

भारत को बेल्जियम कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल सी में रखा गया है दो बार के मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बी में और पाकिस्तान पूल डी में हैं